इस अवसर पर अनुराग ठाक्र ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कवर की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक भी काटा रक्तदान केंद्रीय वित्त व कोरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भाजपा युवा मोर्चा ने हमीरपुर जिले के अवाहदेवी में एक रक्तदान शिविर लगाया जिसमें करीब डेढ़ सौ लोगों ने रक्तदान किया जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने अनुराग ठाक्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र व प्रदेश के विकास में वे अहम भूमिका निभा रहे हैं इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने अनुराग ठाकुर को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है नड़डा ने अनुराग ठाक्र के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वित्त राज्य मंत्री के रूप में वे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं जयराम ठाकुर ने भी उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घआयु की कामना की है

हमीरपुर जिले के सलासी में कल देर शाम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पंचायत संसाधन केंद्र के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पश्ओं की टैगिंग को लेकर भी सरकार जल्द कानून बनाने जा रही है उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति टैगिंग के साथ छेड़छाड़ करेगा या पशुओं को बेसहारा छोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी संजय कुंड राज्य में अवैध खनन की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने ड्रोन सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है और प्रत्येक ज़िले में इसकी मदद से अवैध खनन पर नज़र रखी जाएगी पुलिस महानिदेशक संजय कुंड् ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि ड्रोन के माध्यम से मंदिरों में भी नजर रखी जाएगी उन्होंने कहा कि कुल्लू की तर्ज पर इंटैलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा आग किन्नौर जिले में कल्पा उपमंडल की पुरबनी पंचायत में कल दोपहर बाद हुए भीषण अग्निकांड में एक दर्जन से अधिक मकान जलकर राख हो गए जिससे करोड़ों रुपये की सम्पति का नुकसान हुआ है हालांकि अग्निकांड की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है अग्निशमन विभाग के साथ साथ सेना आईटीबीपी व होमगार्ड के जवानों सहित स्थानीय लोगों ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज़िला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को फौरी राहत और पुनर्वास के निर्देश दिए हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी इस अग्निकांड पर दुख जताते हुए सरकार से प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आग्रह किया है